राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर प्रदेश में हुए कई कार्यक्रम डिजिटल युग में पत्रकारिता व चुनौतियां विषय पर हुई चर्चा वार्षिक परीक्षाओं में अव्वल रहने वाले बाल आश्रमों के मेघावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगी सरकार कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा के अनुसार कृषि विभाग में विकास कार्यों के लिए नहीं होने दी जाएगी धन की कमी

राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर आज शिमला में हुए राज्य स्तरीय समारोह में उन्होंने कहा कि आम जनमानस को भी उजागर किया जाना चाहिए ताकि सरकार के स्तर पर उचित कार्रवाई की जा सके जयराम ठाकुर ने कहा कि संचार के इस दौर में प्रत्येक संचारक और न्यूज प्रदाता है ऐसे में वर्किंग जर्नलिस्ट की भूमिका अधिक जटिल और चुनौतिपूर्ण हो जाती है उन्होंने कहा कि वेब मीडिया में कार्य कर रहे पत्रकारों को तथ्यों पर आधारित समाचार प्रकाशित करने चाहिए ताकि विश्वसनीयता को बरकरार रखा जा सके इस दौरान डिजिटल यूग में पत्रकारिता आचारनीति व चुनौतियां विषय पर परिचर्चा का भी आयोजन किया गया जिसमें मीडियाकर्भियों ने अपने विचार साझा किए

उन्होंने कहा कि मीडिया को राष्ट्रहित में सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने की जरूरत है ताकि समाज सही दिशा में अग्रसर हो सके आचार्य देववत ने कहा कि मीडिया को अपनी निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए और अधिक ध्यान देना चाहिए वहीं लोकसभा में मुख्य सचेतक और सांसद अनुराग ठाकुर ने सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में स्वतंत्र व निष्पक्ष पत्रकारिता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है उन्होंने जनता से अपने विवेक से मीडिया दारा दी गई जानकारी का सही प्रयोग करने की सलाह दी इस मौके सोलन में हुए कार्यक्रम में उपायुक्त विनोद कुमार ने कहा कि डिजिटल यूग में जिस तरह से समाचार वेब पोर्टल का अंधाध्ध्ध प्रयोग किया जा रहा है इसके लिए उचित नियम बनाने की जरूरत है ताकि समाचारों की विश्वसनीयता बनी रही

भारतीय प्रेस परिषद द्वारा सुझाए गए विषय डिजिटल यूग में पत्रकारिता आचार नीति व चुनौतियों पर प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने परिचर्चा की और अपने अपने विचार रखे लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में हुए समारोह में कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की उन्होंने कहा कि प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए लोग घरे बैठे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हासिल कर सकते हैं जबकि जनता अपनी समस्याओं को प्रेस के माध्यम से प्रभावी तरीके से सरकार के समक्ष उठा सकते हैं कुल्लू में उपायुक्त युनूस ने कहा कि डिजिटल युग में सूचनाओं का आदान प्रदान काफी आसान और तेज हो गया है लेकिन सूचना की विश्वसनीयता का संकट भी खड़ा हो गया है इन सबके बीच मीडिया की विश्वसनीयता को कायम रखना आज के पत्रकार के लिए बड़ी चुनौती है

पश् संरक्षण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार बेसहारा पशुओं के संरक्षण के लिए महिला मंडलों को प्रोत्साहित करेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब की प्रत्येक बोतल की बिक्री पर एक रुपया गौवंश के लिए लिया जा रहा है उन्होंने कहा कि एकत्रित राशि राज्य में गौसदनों व गौ अभ्यारणों के निर्माण व रखरखाव पर खर्च की जाएगी उन्होंने कहा कि शीघ ही राज्य के सभी जिलों में गौ अभ्यारणों व गौ सदनों की स्थापना की जाएगी नाहन में माता बालासुंदरी गौशाला में हुए समारोह में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय को सेवोंच्च स्थान देते हुए माता स्वरूप माना गया है उन्होंने कहा कि पुराणो में यदि गाय को गौमाता की संज्ञा दी गई है तो उसका मजबूत आधार भी उपलब्ध है प्रदेश के अन्य भागों में भी गोपाष्टमी पर कार्यक्रम आयोजित किए गए

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना सुखद होगा उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगो से अपने विचार भेजने को कहा है मख्यमंत्री प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री बाल उद्वार योजना के तहत बाल आश्रमों की संयुक्त योग्यता सूची में दस छात्रों व दस छात्राओं को दस हजार रुपए की एकमुश्त छात्रवृत्ति प्रदान करेगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज ट्रटीकंडी के बालिका आश्रम में महिला व बाल कल्याण निदेशालय द्वारा आर्योजित राज्य स्तरीय खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिता के अवसर पर ये बात कही उन्होंने कहा कि ये छात्रवृत्ति बाल आश्रम में आठवीं से बारहवीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को दी जाएगी जयराम ठाकुर ने सर्दियों के मौसम में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को हरसंभव कदम उठाने के निर्देश दिए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल भी इस अवसर पर मौजूद रहे मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि कृषि विभाग में राज्य सरकार की ओर से धन की कमी नहीं होने दी जाएगी केलंग में आज विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि पिछले दिनों बर्फबारी में हुए नुकसान के लिए सरकार हरसंभव सहायता दे रही है और किसानों को पशु चारा उपलब्ध करवाया जा रहा है जिस पर परिवहन किराया सरकार वहन करेगी मारकंडा ने कहा कि बर्फबारी के चलते चारा और बीज अभी घाटी में नहीं पहुंच पाया है जिसे रोहतांग दर्रा खुलने की सूरत में घाटी पहुंचाया जाएगा उन्होंने कहा कि दर्रा न खुलने की स्थिति में रोहतांग सुरंग के माध्यम र्स इसे घाटी में पहुंचाया जाएगा इसके बाद मारकंडा ने कारगा में सात करोड़ की लागत से बनने वाले मार्किट यार्ड और टीजिंग गांव में आयुर्वेदिक भवन की आधारशिला भी रखी गोलीकांड हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष मेजर जनरल सी एम शर्मा ने कथित तौर पर अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है उनका शव उनके शिमला स्थित आवास के बेसमेंट में मिला पुलिस मौके की छानबीन कर रही है और जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड मेजर जनरल सींएम शर्मा बीमारी की वजह से परेशान चल रहे थे फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है

जनमंच सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकूर ने आज मंडी जिले के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भद्रवाल में आयोजित जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनमंच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जनहितैषी सोच को दर्शाता है उन्होंने कहा कि जनमंच द्रदराज के ग्रामीण लोगों की छोटी छोटी शिकायतों का उनके घर द्वार पर समाधान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

किशन कपूर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के उथड़ाग्रां में राजकीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंन्द्र भवन का आज लोकापर्ण किया

किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश सरकार आयुर्वेदिक उपचार पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है और समी अस्पतालों को सुदृढ़ किया जा रहा है